इस अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया जा रहा है समारोह को सम्बोधित करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण मूमिका निभाने वाले सभी लोगों और अर्थशास्त्रियों को बघाई और घन्यवाद दिया समारोह में जाने माने अर्थशास्त्री तथा व्यापार जगत के कई लोग शामिल हैं केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये समारोह को सम्बोधित करेंगे समारोह में सबसे पहले व्यापार जगत से जुड़े लोगोँ ने जीएसटी को लेकर अपने अनुभव साझा किये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को भारतीय लोकतंत्र में सहकारी संघवाद की बेहतरीन मिसाल बताया था एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा पर आधारित जीएसटी अभूतपूर्व कर व्यवस्था है वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि पहले साल में जीएसटी ने कई उल्लेखनीय चुनौतियों को पार किया है इस अवसर पर जयपूर में दी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सेमीनार आयोजित की जा रही है इसमें राजस्थान और अन्य राज्यों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं दो सत्रों में होने वाले इस सेमीनार में जीएसटी के पिछले एक वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बारे में विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे तथा इसे ओर बेहतर बनाने के उपायों पर मंथन होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्लैटिनम जुबली समारोह का शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री कोविंद ने जीएसटी के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूरा होने पर सभी राज्य सरकारों और देश के नागरिकों को बधाई दी उन्होंने ग्राहकों और व्यापारियों की मूमिका की प्रशंसा की राष्ट्रपति ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें करों की पारदर्शिता बनाये रखने के लिए काम करना होगा श्री कोविंद इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे

बोर्ड ने कल रात समय सीमा तय करने के आदेश जारी किये यह पांचवीं बार है जब सरकार ने बॉयोमैट्रिक पहचान पत्र आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ाई है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश के चिकित्सकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाए दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य की भलाई के लिए जो काम करते हैं वे एक महान कर्तव्य का निर्वह है श्रीमती राजे ने कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार आया है बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था के चलते अन्य जगहों से मरीज राजस्थान में आ रहे हैं

प्रदेश में शिक्षा विमाग की ओर से स्कूलों में भारत दर्शन गलियारे बनाये जायेंगे इन गलियारों का उद्देश्य विद्यार्थियों में देशमक्ति के संस्कार जगाना तथा देश के इतिहास से परिचय कराना है

आने वाले समय में इन्हें अन्य जिलों में विकसित किया जायेगा

जालोर जिले से इसकी शुरुआत की गई है गौरतलब है कि वहां के एक शिक्षक ने अपने स्तर पर ऐसा गलियारा बनाया इससे प्रेरित होकर अब सभी स्कूल इसे अपना रहे हैं अजमेर के महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में जैव विविधता अध्ययन केन्द्र और जैव कौशल उद्यमिता केन्द्र की स्थापना की जायेगी इन केन्द्रों में जैव विविघता को अध्ययन और संरक्षण करने के साथ ही विद्यार्थियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा महिला और बाल विकास विमाग की योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने और इनका अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुपोषण तथा जनस्वास्थ्य संदेश दिवस भी मनाये जायेंगे सूपोषण दिवस पर गर्भवति और धात्री महिलाओं और उनके परिजनों को केन्द्र पर बुलाकर पोषण सम्बन्धी जानकारियां दी जायेंगी जबकि जनस्वास्थ्य संदेश दिवस के अवसर पर साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरुक किया जायेगा